विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में भारत की अहम भूमिका कहा प्रधानमंत्री ने

सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है

सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेक्सीन लगाई जाएगी मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली के त्यौहार एवं सर्दी के मौसम के मददेनजर कोरोना के संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए

जन आंदोलन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बाल कलाकार रिया जैन ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ घोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

कल शाम निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता लोकतंत्र स्थिरता निरंतरता और प्रदृषण मुक्त विकास के अवसरो के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच मात्र एक परिकल्पना नहीं है बल्कि यह सोची समझी आर्थिक रणनीति है उन्होंने कहा कि इस रणनीति का उद्देश्य हमारे कारोबारियों की क्षमताओं और कामगारों के कौशल का उपयोग करके भारत को निर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करना है

इस तरह के प्रयास प्रदेश में कई अन्य संगठनों द्वारा भी शुरू किए गए हैं खासतौर पर गोबर से बनी मूर्तियाँ दीपक और अन्य सामग्री आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही हैं

राऊ के ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला अधिकारों और महिलाओं से संबंधित कानुन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी

ये जानकारी कल प्रदेश में यूरिया प्रदाय की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में दी गई

साथ ही किसानों को मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक स्केनर डिवाइस के साथ साथ पीओएस मशीन के जरिए भी यूरिया का प्रदाय किया जा रहा है

मतदाता सूची एक जनवरी को स्थिति में तैयार की जायेगी इनमें शहडोल भिण्ड हरदा बैतुलमंदसौर सागर उमरिया धार खरगोन बडवानी रीवा अनुपपुर और शिवपुरी जिले की नगरपरिषदें शामिल हैं

डेल्ही कैपिटल्स को अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा जब उसका सामना इलिमिनेटर राउंड में रॉयल चैलेन्जर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज अबधाबी में होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा दसरा क्वालिफायर मैच रविवार को होगा

मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज में होगी

कल जिला कलेक्टर ने मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया